इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में इस योजना का शुभारंभ करेंगे इस योजना के तहत दो हैक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को छः हजार रुपए दिए जाएंगे

इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित केबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के अलावा लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा मिलेगी इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शाहपुर के चंबी में आयोजित होने वाले भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा कुल्लू ज़िले में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में पात्र लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए दो दिवसीय अभियान चलाया गया है इसके तहत आज सभी मतदान केंद्रों और ग्राम व वार्ड सभाओं के माध्यम से मतदाता सूचियां उपलब्ध करवाई जाएंगी और यदि किसी का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वे मौके पर पंजीकरण करवा सकते हैं सोलन जिले के कसौली व सोलन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है नगर निगम शिमला के पूर्व पार्षद अशोक सूद का कल निधन हो गया कुल्लू पीप्लज एसोसियेशन शिमला और पूर्व मंत्री सत्य प्रकार ठाकुर ने अशोक सूद के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रदेश दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है गडकरी आज देंगे सात सड़क परियोजनाओं की सौगात

अमर उजाला के शब्द है आज कांगड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचेंगे गडकरी दैनिक भास्कर लिखता है शाहपुर के चंबी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज गडकरी पहुंचेंगे सीएम ने लिया रैली स्थल में तैयारियों का जायजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू होने पर हिमाचल दस्तक लिखता है आज एक करोड़ किसानों के खाते में पीएम डालेंगे पैसे शीर्षक से मुख्यमंत्री जयराम धर्मशाला से करेंगे लांच पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है अगर रिटायरमैंट वाले दिन मौत हुई तो भी मिलेगी आश्रित को नौकरी आपका फैसला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के हवाले से लिखता है चुनाव में वीरभद्र ही होंगे प्रचार कमेटी के अध्यक्ष वहीं हिमाचल दस्तक के शब्द हैं भाजपा के स्ट्रांग सिग्नलों के आगे सुखराम का जैमर जयराम के लिए मुसीबत बना धूमल का एक फैसला सुखराम के पोते आश्रय की टिकट के लिए ज़िदद बनी जी का जंजाल पांच लापता जवानों का चौथे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग शीर्षक से आपका फैसला लिखता है सीनीयर कमांडेंट ने किया घटना स्थल का दौरा दैनिक भास्कर के अनुसार एवलांच में दबे सैनिकों की थर्मल और मेटल डिटेक्टर से तलाश शुरू बंदरों को एक वर्ष की अवधि के लिए वर्मिन घोषित करने की खबर को भी आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में फिर मार सकेंगे बंदर केंद्र की मंजूरी

दैनिक जागरण अपने सम्पादकीय विकास को रफ्तार में लिखता है कि सड़कों के विस्तार व फोरलेन बनने से आरामदायक सफर के साथ समय की भी बचत होगी